मास्क पहनें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

वे आज इटली के प्रधानमंत्री ज्युजेप्पे कोंते के साथ वर्च्रअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में बोल रहे थे श्रीमोदी ने अपनी शुरूआती टिप्प्णी में कहा कि दुनिया को अपने को कोरोना पश्चात की स्थितियों के अनुरूप ढ़ालना होगा और इसके कारण उत्पनन्न अवसरों और चुनौतियों दोनों के लिए तैयार रहना होगा

श्री मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य देशों को जब कोरोना वायरस की जानकारी मिल रही थी और वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे तब इटली इससे जूझ रहा था उन्होंने कहा कि इटली ने पूरी तत्परता से और सफलतापूर्वक रिथति पर नियंत्रण किया

राज्यभर मे पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन सौ इकहत्तर नये कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जबकि चार सौ अट्ठासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होनेवाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में अबतक एक लाख तीन हजार पांच सौ उन्यासी कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं इनमें से संतानबे हजार नौ सौ अड़सठ लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि चार हजार छह सौ पचासी संक्रमितों का इलाज चल रहा है

विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ दूर्गेश झा ने बताया कि आज स्वस्थ हुए चार लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज कुमार चर्चा में भाग लेंगे

इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव में जल संधारण जल के रख रखाव जल संयोजन शुल्क और जल दर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं नियमावली के तहत जल संयोजन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है

वहीं जल संयोजन चार प्रकार के होंगे

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूर्व में आवंटित विभागों के अलावा आज निबंधन विभाग और शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है वहीं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आवंटित किया गया है मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने इस संबंध में अधिसुचना जारी कर दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहले से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा गृह कारा सहित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग समेत वो विभाग हैं जो किसी को आवंटित नहीं हैं मंत्री चंपई सोरेन को परिवहन विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग आवंटित है इसके अलावा इन्हें आज अन्य विभाग आवंटित किये गये हैं मंत्री जगरनाथ महतो को आवंटित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग उनके योगदान देने तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवंटित किया गया है आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद मंत्री जगरनाथ महतो का इलाज चेन्नई में चल रहा है वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हसैन अंसारी के निधन के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय रिक्त था जिसकी जिम्मेदारी आज आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को दी गई पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से आलू और प्याज की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इसे लेकर जिले के चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय में आलू और प्याज के थोक विक्रेताओं के गोदामों में प्रशासन ने छापामारी की और आवश्यकता से अधिक स्टॉक पाए जाने पर दो गोदामों को सील कर दिया एसडीएम अभिजीत सिन्हा ने शहर में आलू के थोक व्यापरियों के गोदामों में औचक निरीक्षण करते हए तंबाकू पट्टी और ग्वाला पट्टी स्थित दो गोदाम सील कर दिए एसडीएम का कहना है कि जाँच के दौरान दुकानदार से स्टॉक से संबंधित जानकारी मांगने पर संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया

इन कोयला खदानों की नीलामी रोकने के लिए झारखंड सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है भारत सरकार गरीबो को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर की स्थापना कर रही है

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली और उत्तर भारत में वायू प्रद्रषण से निपटने के लिए सभी उपाय कर रही है उन्होंने कहा है कि वायू प्रद्रषण से निपटने की दिशा में सभी संभव तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाएगा

रांची हजारीबाग धनबाद और देवघर में पहले से ही विशेष न्यायालय का गठन किया जा चुका है इन न्यायमंडलों को छोड़कर अन्य बीस न्यायमंडलों में विशेष न्यायालय के गठन को लेकर विधि विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंजूरी दे दी है हजारीबाग में नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़िता महिला अधिवक्ता और हजारीबाग र्क पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे

झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की इंटर की संपूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई वहीं मैट्रिक की संपूरक परीक्षाएं नौ नवंबर से शुरू होगी मैट्रिक की परीक्षा में लगभग बत्तीस हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे मैट्रिक की संपूरक परीक्षा के लिए एक सौ अठहत्तर केंद्र बनाए गए हैं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का पार्थिव शरीर आज बेंगलुरू से रांची पहुंचा रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के सांसद संजय सेठ सहित कई वरीय अधिकारियों ने उन्हें श्रद्वांजलि दी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का कल बैगलूरू में ईलाज के दौरान निधन हो गया था आई पी एल क्रिकेट में आज अबुधाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चौलेन्जर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा इस मैच के विजेता का सामना दूसरे क्वालिफायर में डेल्ही कैपिटल्स से रविवार को होगा